प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है राजधानी पटना के तापमान में जहां उतार चढाव जारी है वहीं गया में तेज शीतलहर चल रही है जिससे लोगों को परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने गया भभुआ नवादा और औरंगाबाद में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है वहीं गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान चार दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग ने कहा है कि पटना के तापमान में सुबह और शाम में और कमी होगी जबकि दिन में धूप खिली रहेगी वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गया में चल रही शीतलहर के कारण आस पास के जिलों में ठंड पड़ रही है इस तरह की स्थिति आगे भी बने रहने की सम्भावना है मौसम खराब रहने के कारण विमान और ट्रेनों के परिचालन पर काफी असर पड़ा है सुबह में कोहरे के कारण विमान समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं इधर ट्रेने देरी से चल रही है पूर्व मध्य रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि पन्द्रह फरवरी दो हजार उन्नीस तक छह ट्रेनों को रद्द किया गया है जबकि कुछ ट्रेनों के फेरों में कमी की गयी है प्रवर्तन निदेशालय मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की दो करोड़ रूपये की अवैध संपत्ति को जब्त करेगा इसमें हाल में बेची गयी सम्पत्तियां भी शामिल हैं जांच एजेंसी ने ठाकुर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के अन्तर्गत मामला दर्ज किया था वहीं ईडी आज ब्रजेश की पत्नी और बेटे से एक बार फिर पूछताछ करेगी बांग्लादेश बॉर्डर पर नकली नोटों को पकड़े जाने के बाद नेपाल से जुड़ी सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गयी है एसएसबी के आईजी सूजीत कुमार ने बताया कि नोटों के मिलने के बाद सुरक्षा बल सतर्क हो गया है आईजी ने बताया कि एसएसबी के सभी शिविरों को नकली नोटों की पहचान करने वाली मशीन उपलब्ध करा दी गयी है उन्होंने कहा कि रिवर्ज बैंक के अधिकारी भी बल के अफसर और जवानों को नोटों की पहचान करने की तकनीक बता रहे हैं केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि न्यायालयों में जजों के खाली पड़े स्थानों पर न्यायिक सेवा आयोग से चुनाव और भर्ती की जानी चाहिए श्री प्रसाद ने कहा कि अगर ऐसा प्रावधान किया जाये तो उसमें दूसरे सेवा आयोग की तरह एससी एसटी आरक्षण को भी लागू किया जा सकता है उन्होंने कहा कि वर्तमान में ऐसी नियुक्तियां उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में हैं केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना सरकार के सामने लंबे समय से एक चुनौती बनी हुई है आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में श्री जेटली ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने का एक तरीका किसानों को आमदनी के और अधिक साधन मुहैया कराना हो सकता है उन्होंने कहा कि सिंचाई जैसे ग्रामीण ब्रनियादी ढांचे में और अधिक निवेश करने की जरूरत है वित्त मंत्री ने कहा कि क़षि उपज की खरीद के प्रबंध या उनकी आमदनी बढ़ाने के उपाय भी किए जाने चाहिएं कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि किसानों को ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में अस्सी करोड़ रूपये का अनुदान देने के लिए राशि मंजूर कर दी गयी है श्री कुमार ने कहा कि इस योजना में ड्रीप सिंचाई पद्धति के लिए नब्बे प्रतिशत और छिड़काव पद्धति से सिंचाई करने के लिए पचहत्तर प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा उन्होंने कहा कि इस योजना से किसान साठ प्रतिशत पानी और पच्चीस से तीस प्रतिशत खाद की बचत कर सकेंगे पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को इकतीस जनवरी तक अपने सम्पत्ति का ब्योरा देने को कहा है जिसमें प्रतिनिधियों के पति या पत्नी और बच्चों की सम्पत्ति का ब्योरा भी शामिल होगा विभाग के अनुसार सम्पत्ति का ब्योरा नहीं देने पर प्रतिनिधियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी राज्य के पटना मुजफ्फरपुर और गया में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद नई दिल्ली की ओर से जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में बताया गया है कि प्रद्षण का मुख्य कारण महीन धूलकण हैं पटना का वायु गुणवत्ता मानक सूचकांक तीन सौ तिहत्तर मुजफ्फरपुर का तीन सौ छप्पन और गया का तीन सौ पचपन पर है वहीं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने बताया कि राज्य के दरभंगा भागलपुर कटिहार और सहरसा में भी प्रदूषण की जांच के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन खोले जायेंगे राज्य सरकार ने पॉलीथिन का उपयोग करने वाले के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है शहरी निकायों में तीन दिनों के अंदर तीस हजार किलो से अधिक पॉलीथिन जब्त किये गये हैं जबकि बीस लाख रूपये जुर्माना वसूला गया है वहीं नगर और आवास विभाग ने सभी निकायों को पॉलीथिन पर रोक के लिए प्रभावी छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि बच्चों के प्रवेश के लिए आधार संख्या की मांग नहीं करे प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पाण्डेय ने नई दिल्ली में कहा है कि नामांकन के लिए आधार कार्ड की मांग करना कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है यह उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के भी खिलाफ होगा उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को खबर मिली है कि कुछ स्कूल नामांकन के लिए आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं जिसके बाद यह निर्देश जारी किया गया है गया जिले के ग्रूआ थाना क्षेत्र से पूलिस ने एक जोनल कमांडर समेत तीन नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सलियों के पास से दो देशी राइफल एक ऑटोमेटिक पिस्टल और पैंतीस कारतूस बरामद किया है पूलिस उन से पूछताछ कर रही है पथ निर्माण विभाग ने राज्य के छह जिलों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए एक सौ सैंतीस करोड़ चौरासी लाख रूपये की मंजूरी दी है पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि पटना जिले और इसके आस पास की पांच सड़कों की मरम्मत के लिए लगभग उनचास करोड़ रूपये दिये गये हैं उन्होंने कहा कि जमुई अररिया किशनगंज समस्तीपुर और पूर्णियां में नई सड़कों का निर्माण किया जायेगा जिसके लिए राशि जारी कर दी गयी है सातवीं बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में सीवान की टीम ने बेगूसराय को बारह गोल से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया सीवान ने लगातार छठी बार खिताब पर कब्जा जमाया है उधर बांका जिले में सम्पन्न पैंसठवीं राज्यस्तरीय सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पुरूष वर्ग में समस्तीपुर और महिला वर्ग में भागलपुर ने अपने प्रतिदंद्वियों को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक सौ दो साल पुराने नियम में संशोधन किया है जिसमें कहा गया है कि याचिका को दायर करने वालों को अपनी उम्र बतानी होगी और उन्हें यह भी बताना होगा कि वे महिला है या पुरूष मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज बाजार से पुलिस ने एक सौ नौ किलो चरस के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग तीन करोड़ रूपये बतायी गयी है जमुई जिले के नगर परिषद की योजनाओं में अनियमितता को लेकर परिषद के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद पासवान पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बर्ड फ्लू मिलने की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिहार में बर्ड फलू पर अलर्ट पटना जू बंद इसके साथ ही अखबार ने असम में भारत के सबसे लम्बे रेल सह सड़क पुल के उद्घाटन की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर का शीर्षक है ब्रह्यपुत्र पर देश का सबसे बड़ा डबल डेकर ब्रिज शुरू लड़ाकू विमान भी लैंड कर सकेंगे दैनिक जागरण लिखता है जल्द ही आ रहा बीस रूपये का नया नोट प्रभात खबर की सुर्खी है पटना हाई कोर्ट ने एक सौ दो वर्ष पुरानी व्यवस्था में किया संशोधन याचिका दायर करने को बतानी होगी उम्र अखबार आज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है पटना में लगेली अटल जी की प्रतिमा